प्रदेश में आखिरी चरण के लोकसभा सीटों के लिये नाम वापसी का अंतिम दिन कल

यहां सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रदेश में सभायें कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज होशंगाबाद जिले के इटारसी में पार्टी प्रत्याशी राव उदय प्रताप सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया इस दौरान कर्जमाफी के मुददे पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि बैंको से किसानों को नोटिस मिलने की बाते सामने आ रही है उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर चार महीने में राज्य को तबाह करने का आरोप भी लगाया

इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी लेकिन उन्होंने वादा पूरा नहीं किया उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की न्याय योजना से देश की अर्थ व्यवस्था को बल मिलेगा

उधर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल टीकमगढ़ में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन जिले के जतारा में जनसभा करेंगे वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ कल ब्ंदेलखंड में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे कांग्रेस आरोप कांग्रेस ने आज आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय चुनाव अभियान के दौरान नीति आयोग का दुरूपयोग कर रहा है निर्वाचन आयोग से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री कार्यालय नीति आयोग के जरिये प्रधानमंत्री के च्नाव प्रचार वाले राज्यों से कई मुद्दों पर सुचनाएं एकत्रित कर रहा है

श्री सिंघवी ने कहा कि निर्वाचन आयोग को समुचित अधिकारियों को तुरंत निर्देश जारी करने चाहिए ताकि प्रधानमंत्री को अपने चुनाव प्रचार के लिए अधिकारियों और सरकारी एजेंसियों के दुरूपयोग से रोका जा सके नामांकन रदद यादव वाराणसी लोकसभा सीट के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज बहाद्र यादव का नामांकन आज चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया तेज बहादुर को उनके नामांकन पत्रों के दो सेटों में विसंगतियों को लेकर वाराणसी रिटर्निंग ऑफिसर ने कल नोटिस जारी किया था अपना नामांकन रदद होने के बाद श्री यादव ने कहा कि नामांकन को गलत तरीके से खारिज किया गया है और वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तेज बहादुर यादव को जवानों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के बारे में उनके सार्वजनिक आरोपों के लिए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था

राज्य के वित्त और वन मंत्री सुधीर मुनगन्तीवार ने बताया कि ये विस्फोट उस समय हआ जब सुरक्षाकर्मी महाराष्ट्र दिवस समारोह में शामिल होने जा रहे थे मुतकों की सही संख्या का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान जारी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हमले की कड़ी निंदा की है अपने टवीट संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि उनकी संवेदना और प्रार्थना मृतक जवानों के परिवारजनों के साथ है उन्होंने कहा कि समूचा राष्ट्र इस तरह की हिंसा के विरुद्ध लड़ाई में एकजुट है वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नक्सली हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने सुरक्षाकर्मियों पर हुए हमले पर गहरा द्ख व्यक्त किया है एक संदेश में उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवदेना और सहानुभूति प्रकट की है

आज भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री शुक्ला ने कहा कि भाजपा की सीटें मध्यप्रदेश उत्तरप्रदेश छत्तीसगढ़ बिहार राजस्थान महाराष्ट्र में पिछले चुनाव की तुलना में कम हो रही है उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले पांच वर्षो में केन्द्र की एनडीए सरकार ने व्यापारी वर्ग को परेशान किया उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया श्री शुक्ला ने दावा किया कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जो वादे किये हैं उन्हें पूरा किया जाएगा मतदाता जागरूकता लोकसभा निर्वाचन में अधिक से अधिक मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में सभी ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इसी क्रम में रायसेन जिले के बेगमगंज जनपद के ग्राम घानाकलां टेकापार खूर्द तथा पड़रिया राजधार में जागरूकता रैली निकालकर मतदाताओं को उनके मताधिकार का महत्व समझाया गया इस दौरान चुनाव में बिना किसी भय दबाव या लालय के स्वविवेक से नैतिक मतदान करने का संकल्प दिलाया गया इसके साथ ही मतदाताओं को ईवीएम वीवीपैट से मतदान करने की प्रकिया की जानकारी भी दी गई रायसेन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में चुनावी पाठशाला के जरिए मतदान का संदेश दिया गया उधर शिवपुरी के शासकीय महाविद्यालय में भाषण प्रतियोगिता के जरिए लोकतंत्र की मजबूती में मतदान के महत्व को समझाया गया वहीं नीमच में आगामी शुक्रवार को महाविद्यालय एवं डाइट के युवा मतदाताओं के लिये सेल्फि कलेक्टर और एसपी का आयोजन किया जाएगा इससे पहले आज वाहन रैली के जरिए भी मतदाता जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है बैतूल में साइकिलिंग फॉर वोट रैली का आयोजन किया गया जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी तरूण कुमार पिथोड़े जिला पंचायत सीईओ सहित विभिन्न अधिकारियों ने साइकिल चलाकर लोगों को मतदान के लिये प्रेरित किया मतदान संकल्प इंदौर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिये के किये जा रहे प्रयासों के तहत आज शासकीय महिला पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में नुक्कड नाटक का मंचन हआ छात्राओं ने रांगोली बनाकर और मतदान करने की शपथ लेकर शहर को स्वच्छता जैसे मतदान में भी अव्वल बनाने का संकल्प लिया यह कार्यक्रम सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक सम्पर्क ब्यूरो द्वारा महाविद्यालय परिसर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत आयोजित किये गये इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य आरएन तिवारी ने छात्राओं से अनुरोध किया कि वे अपने एंड्रायड मोबाईल पर वोटर हेल्पलाईन एप डाऊनलोड कर अपने परिवार और परिचित मतदाताओं की सहायता करें